कंजयाण में एक जनसभा को संबोंधित करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर ज़िले का विकास सरकार की प्राथमिकता है और सभी इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य चलाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी ने लोगों की जीवनशैली को पुरी तरह बदल दिया है और इस महामारी से बचने के लिए फेसमास्क का उपयोग व सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य हो गया है जयराम ठाक्र ने कहा कि कांग्रेस नेता विपत्ति के समय में भी राजनीति कर रहे हैं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने भी जनसभा को संबोधित किया

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान से उबरने में केंद्र सरकार सफल रही है और मांग में तेजी व उत्पादन में बढ़ौतरी हो रही है

शिमला में आज गौ सेवा आयोग की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सभी निर्माणाधीन गौसदनों और गौ अभ्यारण्यों का निर्माण अगले वर्ष फरवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि घायल बेसहारा गौवंश को सड़कों से उठाने के लिए लिफट असेंबली वाहन खरीदे जाएं ताकि उन्हें आसानी से गौसदनों तक पहुंचाया जा सके

वन मंत्री कांगड़ा ज़िले के नूरपुर और मंडी ज़िले के नाचन में वन निगम के दो आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाए जाएंगे राज्य वन निगम के निदेशक मंडल की आज धर्मशाला में वन मंत्री राकेश पठानिया की अध्यक्षता में हई बैठक में ये निर्णय लिया गया

वन मंत्री ने कहा कि आय बढ़ाने के लिए वन निगम नए उत्पादों पर जोर देगा और प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सोलर प्लांट लगाने पर विचार किया जा रहा है इस बीच वन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक में राकेश पठानिया ने कहा कि कांगड़ा ज़िले के क्ठेड़ में चंदन व जड़ी बूटियों पर आधारित एक्सिलेंस सेंटर विकसित किया जाएगा

आज पहले दिन कम संख्या में ही बच्चे स्कूल पहुंचे स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं और कक्षाओं में सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है प्रदेश में ऐसे भी कई स्कूल और कॉलेज हैं जहां आज कोई भी विद्यार्थी नहीं पहुंचा अभिभावकों की लिखित अनुमति के बाद ही विद्यार्थी स्कूल व कॉलेज आ रहे हैं सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि पार्टी पंचायत चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और पंचायत चुनाव को लेकर बैठकें की जा रही है उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं और समाज का हर वर्ग इनसे लाभान्वित हुआ है सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों में भाजपा की ई विस्तारक योजना पूरी हो चुकी है और पार्टी ने पन्ना योद्वा तैनात कर दिए है कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पार्टी पदाधिकारियों व ज़िला अध्यक्षों को संगठन की मजबूती के लिए एकजुट होकर काम करने को कहा है

कुलदीप राठौर ने आगामी पंचायत व नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं को आगे लाने का आहवान किया

बर्फबारी लाहौल स्पिति ज़िले में बीती रात बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है

इस बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है और लाहौल घाटी में राज्य परिवहन निगम की बस सेवाएं भी प्रभावित हुई है

कुल्लू ज़िले के अनेक स्थानों पर भी आज दिनभर रूक रूक कर हल्की वर्षा हुई पर्यटन स्थल मढ़ी और मनाली की ऊंची चोटियों पर भी हल्का हिमपात हुआ है मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में वर्षा या हिमपात की संभावना जताई है जबकि अन्य भागों में मौसम साफ रहेगा दुर्घटना शिमला ज़िले में ढली के पास चूरट में बीती रात एक गाड़ी के खाई में गिरने दो युवाओं की मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है शिमला के पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बताया कि पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मृतकों को खाई से निकाला पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है